प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों और साझा हितों पर चर्चा की

दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों और आपसी प्राथमिकताओं पर बातचीत की उन्होंने जलवायू परिवर्तन का सामना करने के लिए सहयोग और बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे और राष्ट्रपति बाइडेन नियम आधारित अंतराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राज्यसभा में कहा है कि विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने हमेशा सदन की गरिमा को बनाए रखा यह कहते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गये और गुलाम नबी आजाद की प्रशंसा की श्री मोदी ने श्री आजाद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने देश को हमेशा सर्वोपरि रखा बाइट सुना है गुलाम नबी जी मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाब नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत रहेगी क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल चिंता करते थे लेकिन देश की और सदन की भी उतनी की चिंता थी ये छोटी बात नहीं है जी ये बहुत बड़ी बात है वरना अपोजिशन के लिए कई कई रूप में अपना दब दबा पैदा करना ये सब मोह किसी को भी हो सकता है लेकिन उन्होंने सदन से मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखा

गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है श्री मोदी ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में गुलाम नबी आजाद ने हमेशा दलगत भावना से ऊपर उठकर काम किया प्रधानमंत्री ने सदन को याद दिलाया कि महामारी के दौरान ये गुलाम नबी आजाद ही थे जिन्होंने एक राष्ट्र के रूप में महामारी से लडने के लिए सर्वदलीय बैठक का प्रस्ताव दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा से प्रभावित परिवारों के साथ है उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिये संकल्पित है उन्होंने अधिकारियों को इस आपदा में प्रभावित हुए लोगों को पूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों से समन्वय बनाकर इस आपदा में घायल हुए प्रदेश के लोगों के उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये मुख्यमंत्री ने आपदा में दिवंगत व्यक्तियों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिये पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रभावित परिवारों को कोई भी परेशानी न हो गौरतलब है कि उत्तराखंड के चमोली में हुई आपदा में प्रदेश के लापता व्यक्तियों के खोज और बचाव के लिये लखनऊ स्थित राहत आयुक्त कार्यालय में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है यह कक्ष दिन रात कार्य कर रहा है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये सभी प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिये हैं

मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य में जैविक खेती में अपार संभावनाएं मौजूद है जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाना वर्तमान समय की मांग है

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग आर्गेनिक कृषि उत्पादों के उपयोग को वरीयता दे रहे हैं उन्होंने कहा कि कृषि विविधीकरण किसानों की आय को बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम है प्रदेश के कई जनपदों में किसानों ने नये प्रयोग करते हुए ऐसी फसले उगाई जिनके बारे में यह धारणा थी कि यह फसलें स्थानीय जलवाय और भूमि के अनुकूल नहीं है प्रदेश में स्ट्राबेरी ड्रैगन फ्रूट तथा ब्लैक राईस की खेती ने देश और दुनिया को नया संदेश दिया है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

प्रदेश में बेसिक शिक्षा में व्यापक सुधार और बच्चों में आधारभूत लर्निंग कौशल पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये मिशन प्रेरणा का फ्लैगशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है

कोविड महामारी के चलते लम्बे समय से बंद विद्यालयों के कारण छात्रों की दक्षता प्रभावित हुई है बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के विशेष प्रयासों के क्रम में राज्य में सौ दिन का विशेष अभियान प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किया जायेगा इस अभियान के अन्तर्गत बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये कई गतिविधियां संचालित की जायेगी

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मिशन प्रेरणा की पाठशाला के तहत प्रत्येक कक्षा और विषय के लिये मासिक पंचाग के अनुसार कक्षावार और विषयवार सामग्री सप्ताह के प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को वाट्स ऐप ग्रूप के माध्यम से शिक्षकों से साझा की जायेगी सौ दिनों के बाद सभी बच्चों का अंतिम आकलन परीक्षा के आधार पर किया जायेगा कोविड प्रोटोकाल के संबंध में उत्पन्न जिज्ञासाओं को दूर करने और मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अभियान मोड में कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं विद्यालयों द्वारा प्रत्येक गांव मोहल्ले में शिक्षा चौपाल को आयोजन किया जायेगा जौनपुर जनपद के जलालपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत लहंगपुर गांव के पास आज सुबह एक ट्रक और एक बड़ी कार की आमने सामने की टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई वहीं पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये यह लोग वाराणसी में एक दाह संस्कार के बाद भोर प्रहर में जौनपुर लौट रहे थे पांच लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया और एक अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बताया कि मृतकों के परिजनों को किसान बीमा योजना के तहत एक एक लाख रूपये और पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत तीस तोस हजार रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायो जायेगी

मंत्रालय ने बताया कि एक कराड़ पांच लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं

प्रदेश सरकार ने आक्सीटोसिन इंजेक्शन के दुष्प्रभावों के बारे में पशुपालकों और जन सामान्य को जागरूक करने का आह्वान किया है मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने एक बैठक में बताया कि आक्सीटोसन औषधि शेडयूल एच वन औषधि है